निर्वाचन आयोग ने की राज्यसभा की छह सीटों के लिए उप चुनाव की घोषणा कल जारी होगी अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी तीस जून रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जुरिये लोगों से अपने विचार करेंगे साझा प्रदेश के कई स्थानों पर धूल भरी आंधी और बूंदा बांदी से लोगों को मिली गर्मी से राहत सत्रहवीं लोकसभा के आज से शुरू हो रहे सत्र से पहले कल नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई बैठक के दौरान सरकार ने दोनों सदनों की कार्यवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए विफ्री दलों का सहयोग मांगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले डीएमके पार्टी के टी आर बालू तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन नेशनल काफ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला आल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के नवनीत कृष्णन और समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव बैठक में शामिल थे दो घंटे से ज़्यादा समय तक चली बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री बीस जून को सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे इस सत्र में तीन तलाक विवेयक के अलावा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक संवर्ग में आरक्षण विवेयक और आधार तथा अन्य कानून संशोधन विघेयक दो हजार उन्नीस पेश किए जा सकते हैं सत्र छब्बीस जुलाई तक जारी रहेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बृहस्पतिवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे

निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की छह सीटों के लिए उप चुनाव की घोषणा कर दी है इन सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी होगी और नामांकन पत्र इस माह की पच्चीस तारीख तक भरे जा सकेंगे

उप चुनाव के लिए छह में से दो सीटें गुजरात से हैं जो मौजूदा सांसरो अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोक सभा के लिए चुने जाने की वजह से खाली हई हैं विहार में एक सीट केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण रिक्त हुई हैं बाकी तीन सीटें ओडिसा की हैं निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्यसभा सहित समी सदनों की खाली सीटों के लिए उप चुनाव की अधिसूचना अलग अलग जारी की जाएगी और चुनाव भी अलग अलग होंगे हालांकि चुनाव की तिथियां एक हो सकती हैं कांग्रेस ने मांग की थी कि गुजरात की दोनों खाली सीटों पर एक साथ चुनाव कराए जायें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की शासी परिषद की पांचवी बैठक के बाद आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि इस कार्यदल का गठन शीघ्र कर दिया जाएगा और यह अगले दो तीन महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा उन्होंने यह भी बताया कि वर्षा जल संचय सूखे की स्थिति और राहत उपायों आकांक्षी ज़िलों और सुरक्षा से संबंधित विषयों सहित कार्यसूची में शामिल कई अन्य मुरों पर बैठक में चर्चा की गई आयोग के उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री ने निर्यात को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर बल देते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य को अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए श्री राजीव क्मार ने बताया कि वाम प्रभावित उग्रवाद और जम्मू कश्मीर के मसते पर भी विस्तृत चर्चा की गई शिवसेना प्रमुख उद्वव ठाकरे ने सरकार से अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाने का आग्रह किया है श्री ठाकरे कल राम जन्मगूमि परिसर में विराजमान रामलला के दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने विश्वास जाहिर किया कि राम मन्दिर निर्माण जल्द शुरू होगा और इस काम में शिव सेना अपनी भूमिका निभायेगी श्री ठाकरे के साथ राज्यसभा सदस्य संजय राउत के अलावा शिवसेना के सभी अट्ठारह सांसदों ने रामलला के दर्शन किये केन्द्र ने राज्यों से कहा है कि वह डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों की हिफाजत के लिए अलग से कानून बनाने के बारे में विचार करें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षकर्धन ने हाल में पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों पर हुए हमलों के बाद इस संबंध में सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है स्वास्थ्य मंत्री ने इस सिलसिले में एक विधेयक का प्रारूप भी मुख्यमंत्रियों को मेजा है श्री हर्षवर्धन ने अलग से कानून बनाये जाने पर बल देते हुए कहा कि इससे डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों को भयमुक्त माहौल में काम करने में ज़्यादा आसानी होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के तहत तीस जून को सुबह ग्यारह बजे देश और विदेश में बसे भारतीयों से अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात का यह पहला संस्करण होगा एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह और देशवासी एक बार फिर रेडियो के माध्यम से एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सकारात्मकता और उत्साह साझा करेंगे श्री मोदी ने विश्वास जाहिर किया है कि मन की बात के लिए लोगों के पास कहने को बहुत कुछ है प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हे विचारों के व्यापक आदान प्रदान की आशा है उन्होंने इंस्टाग्राम के ज़रिये सुझाव और विचार मांगे हैं लोग नमो ऐप ख़ुला मंच और माइ जी ओ वी ख़ुला मंच के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से सीधे विचार साझा कर सकते हैं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

लोग एक नौ दो दो नम्बर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से प्राप्त लिंक पर प्रधानमंत्री के पास सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सुखा घोषित क्षेत्रों में फसल नुकसान की सीमा तैंतीस प्रतिशत से घटाकर बीस प्रतिशत करने का सुझाव दिया है श्री योगी ने नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में इस बात पर बल दिया कि किसान केडिट कार्ड की ऋण व्यवस्था को फ़सल के बजाय जमीन के रक़बे के आधार पर पूर्नव्यस्थित करना चाहिए उन्होंने एसडीआरएफ में राहत की विमिन्न मदों में देय सहायता को बढाये जाने और प्रदेश के नक्सल प्रभावित सोनभद्र तथा चन्दौली जिलों में सीआरपीएफ कंपनियों की वापसी के आदेश पर केन्द्र से पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया श्री योगी ने कहा कि इन जनपदों में नक्सली संचरण पर अंकृश लगाने के लिए इन सशस्त्र कंपनियों की ज़रूरत है बैठक में श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की संकल्पना के अनुरूप किसानों महिलाओं सहित प्रदेश के सभी वर्गो के हितों के लिए कल्याणकारी योजनओं के साथ साथ विकासोन्मुखी नीतियों पर काम कर रही हैं वैठक में मुख्यमंत्री ने विश्वास जाहिर किया कि केन्द्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयास प्रदेश की समस्याओं का निराकरण करने और इसे नई ऊँचाईयों पर ले जाने में मददगार होंगे अपने दिल्ली प्रवास के दौरान श्री योगी ने कल इंडिया गेट स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्वासुमन अर्पित किये उन्होंने कहा कि ये दोनों स्थल प्रेरणादायी हैं जिनसे हर भारतीयों को अपने सैनिकों के पराक्रम पर गर्व महसूस होता है प्रदेश के अधिकांश जिलों में गर्मी और लू का प्रकोप जारी है राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान पैतालीस डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है जिसकी वजह से लोगों का जन जीवन प्रमावित है उधर राज्य के कुछ पश्चिमी हिस्सों झांसी चित्रकूट हमीरपुर फिरोजाबाद मथुरा अलीगढ़ मेरठ हापुड़ सहित अन्य स्थानों पर कल शाम धूल भरी ऑधी और बूंदाबादी से मौसम में बदलाव हुआ है इन इलाकों में धूल भरी आंधी और हल्की वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी और लू से राहत महसूस हई है जालौन में गरज और चमक के साथ तेज़ बारिश होने का समाचार है वहीं उरई में तेज हवाओं के चलने से तापमान में लोगों ने कमी महसूस की जबकि तेज हवाओं की वजह से कई स्थानों पर पेड़ गिर गये हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से प्रदेश के पश्चिमी भाग में मथुरा हापुड़ मुरादाबाद अलीगढ़ संभल बरेली हमीरपुर जालौन और मेरठ सहित अन्य स्थानों पर कल बादल छाए रहने तथा ध्रल भरी आधियों के साथ बरसा के कारण लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली वहीं तेज हवाओं ने कई स्थानों पर पेज़ों और बिजली के खंगों को उखाड़ दिया और झोपड़ी तथा कच्चे मकानों को क्षति पहुंचाई मौसम विभाग ने अभी गर्मी और लू जारी रहने की चेतावनी जारी की है